भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी सूची के अनुसार कलकतांग से विधानसभा अध्यक्ष तेनजिंग नोरबू थोंडक ईटानगर से किपा बाबू दोईमुख से ताना हाली तारा न्यापीन से बामंग फेलिक्स ताली से थाजी गिचक कियोगी और मारियांग गेकु से अनोंग परमे शामिल है इस तरह भाजपा ने वरिष्ठ मंत्री नाबम रिबिया विधायक तेची कासो और ओलोंग पानियांग को टिकट नहीं दिया है लोक सभा उम्मीदवारों की पहली सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने अपने उन्तीस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है वहीं इस बीच जनता दल यूनाईटेड ने भी अपनी पहली सूची जारी करते हुए पांच विधानसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है एनपीपी की सूची में वर्तमान पेमा खांडू सरकार के गृहमंत्री कुमार वाई ईस्ट कामेंग जिले की बामेंग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे जबकि पर्यटन मंत्री जारकर गामलीन आलो विधानसभा सीट से एनपीपी के उम्मीदवार होंगे वहीं एनपीपी ने ख्योदा अपिक को अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने भी अपने दस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव आगामी ग्यारह अप्रैल को होगी निर्वाचन आयोग के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त चुनाव खर्च पर्यवेक्षक जग्दिश प्रसाद जंगिद और अमनजित सिंह ने कल आलों में वेस्ट सियांग जिला चुनाव अधिकारी स्वेतिका सचन और जिले के सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में पर्यवेक्षकों ने उम्मीदवारों के खर्चों की जाँच करने नकद लेनदेन शराब की संभावित गतिविधियों इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशन चुनाव रैली में उपयोग होने वाले वाहनों पोस्टर बेनर और होर्डिंग पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया

इसके तहत चुनाव के दौरान संबंधित मामलों में उल्लंघनों के खिलाफ तीव्र और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित दल की स्थापना की जाएगी मतदान के समाप्त होने के आखिरी अड़तालीस घंटों में किसी को भी राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया संगठनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं करने का भी प्रावधान है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है रंगो का त्यौहार होली आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व ब्राई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को होली की बधाई दी है राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि होली का पर्व वसंत उत्सव और भाईचारे तथा आपसी सौहार्द की भावना का प्रतीक है उन्होंने आशा प्रकट की कि रंगों का यह पर्व सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने होली के अवसर पए राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि रंगो का त्यौहार सभी को धर्मनिरपेक्षता शांति प्रेम और भाईचारे के सिद्धांतों को सहेज कर रखने में प्रेरित करेगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीयू तीन दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है आगामी शनिवार से शुरु हो रही फिल्म महोत्सव का विषय है सीमा कथा समकालीन प्रर्वोत्तर भारत से फिल्मों का एक त्यौहार यह उत्सव फिल्म निर्माताओं शैक्षणिकों कार्यकर्ताओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को विरासत की पहचान के मुद्दों का पता लगाने और एक समकालीन दृष्टिकोण से बदलने के लिए एक मंच बनाने का प्रयास है उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से उन्तीस फिल्मों को दिखाया जाएगा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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया